राज्य सरकार ने कहा चालू वित्तीय वर्ष में भी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी सब्सिडी

कल मिले नए संक्रमितों में धनबाद के पांच हजारीबाग के चार पूर्वी सिंहभूम तथा खूंटी में दो दो रांची लोहरदगा देवघर पलामू और सरायकेला खरसावां में एक एक नए मरीज मिले वहीं द्रसरी ओर कल रिम्स में भर्ती हजारीबाग के एक बजुर्ग कोरोना मरीज की मौत हो गई

आईसीएमआर सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति देकर जांच केन्द्रों में वृद्धि कर रहा है झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कल जामताडा में आयोजित एक समारोह में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी इसके लिए सरकार तत्परता से काम कर रही है उन्होंने कहा कि विधायक निधि से अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई है जिससे जरूरत के अनुसार चिकित्सा संबंधी आवश्यक सामग्रियों की खरीद की जा सकी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

अपने टवीट संदेशों में उन्होंने कहा कि इन फैसलों से करोडो भारतीयो को फायदा पहचेगा श्री मोदी ने कहा कि सुधारों की प्रक्रिया जारी है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर तथा तकनीकी रुप से उन्नत बनाने की दिशा में मंत्रिमंडल का फैसला एक और कदम है उन्होंने कहा कि इन सुधारों से निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्पालन अवसंरचना विकास निधि की श्रुआत से पश्पालन क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा इससे मेहनतकश किसानों की आय निवेश और बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी तथा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को खासतौर से बढ़ावा मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्व है उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिश् ऋण खातों के लिए ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है और इससे छोटे कारोबारियों को सहयोग तथा स्थिरता मिलेगी

कोविड महामारी के कारण आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है

राज्य के तीन आकांक्षी जिलों हजारीबाग गिरिडीह और गोड़डा के प्रवासी मजदूरों को रेलवे रोजगार उपलब्ध करायेगा

रेल मंत्रालय ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मंडल रेलवे और रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बैठक में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति की समीक्षा की

झारखंड के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के निर्देष के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजधानी रांची में आयोजित बैठक में यह आदेष जारी किया

इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एल्यूमिनाई अफेयर आईआरएए ने आईआईटी धनबाद के लिए ऑफिसियल वेबसाइट आईआर पोर्टल की लांचिंग की है इस वेबसाइट पर आईआईटी के छात्रों को सूचना और संसाधनों की जानकारी के साथ ही विदेश में कॅरियर के अवसर अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं और इंटर्नशिप कार्यक्रमों से लेकर कॉलेजों में प्रवेश की जानकारी मिल जाएगी आईआरए के डीन धीरज कुमार ने बताया कि अत्याधुनिक आईआर पोर्टल भविष्य में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में वृद्धि करेगा

बोकारो के उपायक्त मुकेश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छ भारत अभियान और जलापूर्ति योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया है